कंवर ने सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे अपने पास पड़ी धनराशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं उन्होंने ये भी कहा कि आवंटित धनराशि खर्च न करने वाले पंचायत प्रधानों के विरूद्व नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही ऐसी पंचायतों को खर्च न होने वाली धनराशि को पंचायतीराज विभाग को वापिस करना होगा रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र ही अमलीजामा पहनाया जाएगा चंबा ज़िला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के मैहला में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जानबूझ कर कई केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं किया लेकिन अब प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है और ऐसे में विकास कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा

प्रधानमंत्री इस मासिक कार्यक्रम के जरिये विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं यह कार्यक्रम हर महीने के अन्तिम रविवार को सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होता है दुर्घटना कुल्लू ज़िला में कुल्लू भेखली व्यासर सड़क पर बीती रात एक कार के गहरी खाई में गिरकर तीन युवकों की मौत हो गई तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया मृतकों की पहचान रूपेंद्र युधिष्ठर और रूपलाल के रूप में हुई है ये तीनों जिंदौड़ के रहने वाले थे जिला पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को खाई से निकाला उन्होंने कहा कि तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है

उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने बताया कि जुर्माना न देने की सूरत में दोनों आरोपियों को एक एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा जिन दो लोगों को ये सजा सुनाई गई है उनमें हरियाणा के रोहतक निवासी राहुल देशवाल और कुल्लू के जाणा निवासी तोशम कुमार शामिल है

कांगड़ा के सहायक आयुक्त मदन कुमार ने इस अभ्यास को देखते हुए सराह चैतडू और साथ लगती पंचायतों के लोगों से इस दौरान इस क्षेत्र में न जाने और अपने बच्चों को भी न भेजने की अपील की है डीसी मंडी मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने एचआरटीसी और निजी बस संचालकों से अपनी जिम्मेवारी ठीक ढंग से निभाने यातायात नियमों का पालन करने और लापरवाही व जोखिम भरी ड्राईविंग की प्रवृति छोड़ने का आहवान किया है ताकि प्रदेश को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाया जा सके उन्होंने आज मंडी में एचआरटीसी और निजी बस संचालकों के साथ एक बैठक में कहा कि हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे प्रदेश में बस का सफर पूरी तरह सुरक्षित हो और सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े जनमंच सात जुलाई को आयोजित होने वाले प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम जनमंच के लिए सभी जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जूटे हैं इसके लिए प्री जनमंच कार्यक्रमों का हर जिले में आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके कुल्लू ज़िला में इस बार जनमंच कार्यक्रम निरमंड स्थित राजमाता शांति देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित होगा